पूर्णबंदी के कारण संकट का सामना कर रहे एमएसएमई उद्योगों को यह ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा वित्त मंत्री आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित कर रही थीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज का ब्यौरा देते हए एमएसएमई उद्योगों के लिए छह उपायों की घोषणा की उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद विशेष आर्थिक पैकेज लाया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वॉयरस महामारी को देखते हए कल बीस लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश के हर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है

इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को बीस लाख करोड रुपये का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के बाद आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी है उन्हॉने जोर दिया कि भारत की आत्मनिर्मरता अर्थव्यवस्था ढांचागत क्षेत्र जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है

समय ने हमें सिखाया है कि स्वरंस को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा

सचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि यह पैकेज अब तक सबसे बडा पैकेज है एक टवीट में श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए विशेष आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हए इसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पहल बताया है एक टवीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने और देश को आत्मनिर्मर बनाने में यह विशेष आर्थिक पैकेज निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा लॉकडाउन में स्थगित रेल सेवा चरणबद्ध रूप से फिर शुरू करने की घोषणा के बाद आज दसरे दिन नौ विशेष रेलगाडियां चलाई जा रही हैं इनमें से आठ रेलगाड़ी नई दिल्ली से विभिन्न स्थानों के लिए और नौवीं भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए चल रही है ये रेलगाडियां नई दिल्ली से हावडा पटना जम्मु तवी तिरूवनतपुरम चैन्नई रांची मुंबई और अहमदाबाद तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए हैं कल आठ रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया था इनमें से तीन नई दिल्ली से अन्य स्थानों के लिए और पांच अन्य शहरों से नई दिल्ली के लिए थीं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञ सलाह कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों विशेष रूप से हॉट स्पॉट जोन में रहने वालों लोगों से लॉकडाउन के नियमों का कडाई से पालन करने और कोविड नाइन्टीन की संक्रमण श्रृंखला तोडने की सलाह दी ये जो लॉकडाउन है इसको हम पूरी तरह से सक्सेस्फूल करें कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोचकर कि ये हमें असर नहीं करेगा हम तॉकडाउन की मर्याया को तोड़ देते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है और फिर ये जो पूरा तॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है तो इसलिए मैं सारे तोगों से ये ही अपीत करूंगा कि तॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें स्पेशली जहां पर हॉटस्पॉट हैं प्रदेश सरकार ने राज्य में आईएएस आईपीएस पीसीएस पीपीएस समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है यह फैसला कोविड नाइन्टीन महामारी को देखते हुए लिया गया है केवल विशेष परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति से स्थानान्तरण हो सकेंगे सेवानिवृत्ति मृत्यू बीमारी प्रोन्नति त्यागपत्र निलम्बन और बर्खास्तगी से खाली पदों पर अनुमोदन लेकर ही तैनाती होगी